केन्दीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदौर में आम बजट पर उद्योगपतियों और लोगों से चर्चा की

पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से ठिद्रा प्रदेश नौ शहरों में तापमान लुढ़ककर तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड महामारी के बढ़ने की दर घटकर दो प्रतिशत तक आ गई है और मृत्यू दर विश्व में सबसे कम एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अक्तूबर नवम्बर के महीने में त्यौहारों के बावजूद व्यापक परीक्षण करने संक्रमण का पता लगाने और उपचार की नीति के कारण इस अवधि में संक्रमण के मामलों में कोई तेज वृद्धि नहीं देखी गई

उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन के पहले सेट को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है उन्होंने पहले चरण में लगभग तीस करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक त्वरित टीकाकरण अभियान की आवश्यकता पर भी बल दिया

जन आंदोलन प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने लोगों से दो गज की सुरक्षित दूरी बनाने बार बार हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है

श्री ठाकुर ने आश्वासन दिया कि यहां भिले सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे उन्होंने बजट एवं कोरोना के बाद की स्थितियों को लेकर कई सुझाव और शिकायतों पर भी विस्तार से चर्चा की श्री ठाकर ने कोरोना के कठिन समय में मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों को विस्तार से बताया और कहा कि आने वाला बजट ऐतिहासिक होगा क्योंकि ये इतनी बड़ी आपदा के बाद आने वाला बजट है सांसद शंकर लालवानी ने केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले बंद कमरों में बजट और देश की नीतियां बनती थी लेकिन अब मंत्री खूद सभी से मिलने और बात सुनने यहां तक आए हैं इस कार्यक्रम का आयोजन यंग इंडियंस संस्था ने किया था

भोपाल अपने जरी जरदोजी और जूट के काम के लिए विख्यात है अब इस काम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नया बाजार उपलब्ध कराने के लिए यह पहल की जा रही है

श्री चौहान इस अवसर पर नवनिर्मित कॉलेज भवन का कार्यक्रम स्थल से ही लोकार्पण करेंगे तथा जनसभा को संबोधित भी करेंगे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

ग्वालियर चंबल सागर और रीवा संभाग शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं

जबलपुर सागर और गुना में शीतलहर चली वहीं धार और राजगढ़ जिले में कोल्ड डे रहा मौसम विभाग ने ँआने वाले दिनों में सर्दी का असर और बढ़ने का अनुमान जताया है